वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने आडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से एक जगह बड़ी संख्या में एकत्रित न होने और बड़ा आयोजन न करने के निर्देश दिये हैं उधर एक अन्य घटनाकम में कांग्रेस के बागी नेता बेंगलुरू से लौट रहे हैं वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री कमलनाथ नई दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर राज्य के राजनीतिक हालात से अवगत कराएंगे

हमारी संवाददाता ने बताया है कि अतिआवश्यक वाहनों के अलावा सभी वाहनों की आवाजाही पर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिए हैं

जबलपुर से सटे नरसिंहपुर जिले में भी पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है

दतिया जिले में जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड स्क्रीनिंग कक्ष और जाँच संबंधी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया है मंदसौर जिले में दुधाखेड़ी माताजी मंदिर में दर्शनार्थियों के लिये प्रतिबंध लगा दिया गया है आगामी नवरात्रि के दौरान लगने वाले मेले को स्थगित कर दिया गया है अलीराजपुर जिले में कलेक्टर ने पड़ोसी राज्य की प्रवेश सीमा पर जन जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं हरदा जिले में जिला एवं तहसील स्तरीय जेलों में कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में जाँच शिविर आयोजित किया गया

कटनी जिले में स्थित कारखानों संस्थानों के मालिकों को श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं प्रत्येक संस्थान में हाथ धोने और सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है

रीवा जिले में सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है सागर जिले में महार रेजीमेंट सेंटर में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है बड़वानी जिले में गणगौर महोत्सव को स्थगित किया गया है

मुरैना और ग्वालियर जेल में खुली मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है निवाड़ी में कलेक्टर ने कल शाम उपजेल पहंचकर कैदियों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताए

टीकमगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा लोगों को इस गंभीर बीमारी से सतर्क रहने के उपाय बताये जा रहे हैं खंडवा में कल विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कोरोना वायरस से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया

गुना में कलेक्टर ने कल कोरोना वायरस से निपटने के कार्यो की समीक्षा की

होशंगाबाद में सीएमएचओ ने निजी चिकित्सालयों में भी आवश्यकता पड़ने पर वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं जनता कफर्यू राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेशवासियों से कहा है कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी है उन्होंने लोगों से कल आयोजित जनता कफ्यू का पालन करने की अपील भी की

डिंडोरी में नगर परिषद के वाहनों से जनता कर्फ्यू को लेकर जागरूक किया जा रहा है